केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य् पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा उन्होंने कहा कि इससे लम्बे समय से की जा रही युवाओं की मांग पूरी होगी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने के केंद्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय की सराहना की है उन्होंने कहा कि इस एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों में सभी गैर राजपत्रित भर्तियां संचालित की जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमण्डल के इस ऐतिहासिक निर्णय से नौकरी के इच्छुक देश के करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय विशेषकर हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा क्योंकि एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए प्रदेश के दूरदराज इलाकों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले के कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और इस प्रकिया को प्रदेश में भी लागू करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मामलें मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल रिक्टमैंट एजेंसी की स्थापना के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के करोड़ों युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने की राह आसान होगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि नैशनल रिक्ट्मेंट एजेंसी सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट का आयोजन करेगी जिसका करोड़ों यूवाओं का लाभ मिलेगा ये ऐजेंसी ग्रप बी और ग्रप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को भी बधाई दी है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने र्माट सिटी के तहत परियोजनाओं को वर्गीकृत करने पर बल दिया है शिमला स्थित राजभवन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सुचना प्रौद्योगिकी पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य और शिमला शहर में सड़कों के विस्तारीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए राज्यपाल ने शिमला में बढ़ती जनसंख्या के मददेनज़र शहर की परिधि में सेटेलाईट उपनगर विकसित करने की बात भी कही उन्होंने अधिकारियों को सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए शिमला शहर में सुरंगों के निर्माण के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी मॉनसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय में सत्र संबधी तैयारियों का आज जायजा लिया उन्होंने अधिकारियों को तय समय में लंबित कार्यों को निपटाने के निर्देश दिए परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सत्र के लिए विशेष तैयारियां करनी पड़ रही हैं और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रकियाओं का पूरी तरह पालन किया जाएगा उन्होंने कहा कि पत्रकार दीर्घा में बैठने के लिए कम से कम संवाददाताओं को पास जारी किए जाएंगे और सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दर्शक दीर्घा में लोगों को पास जारी नहीं किए जाएंगे उन्होंने मंत्रियों व विधायकों से भी अपने साथ केवल जरूरी स्टॉफ को ही लाने और सुरक्षा में तैनात कर्मियों को परिसर से बाहर रखने की अपील की है ताकि विधानसभा परिसर में भीड़ को कम किया जा सके वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि पंचायतों के गठन के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के लिए मापदंड अनुमोदित कर दिए गए हैं

महेंद्र सिंह जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की टेंडर प्रकियाओं और अन्य औपचारिकताओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए है

महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हर घर में नल लगाने व स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करवाने में हिमाचल अभी तक देशभर में प्रथम स्थान पर है

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर किसानों बागवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है शिमला में आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हए सेब मंडियों में बागवानों व आढ़तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं उन्होंने कहा कि सेब मंडियों में बाहर से आने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है और न ही लोगों की सही ढंग से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है राठौर ने सेब में बढ़ते स्कैब रोग पर चिंता जाहिर की और इस रोग से प्रभावित सेब की पूरी खरीददारी करने का सरकार से आग्रह किया ताकि बागवानों को नुकसान से बचाया जा सके मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति ज़िले के मुलिंग में चंद्रा नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया

एसएमसी शिक्षक पिछले पांच महीनों से वेतन न मिलने से नाराज एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश में आज से ऑनलाइन कक्षाएं लगानी बंद कर दी हैं

उन्होंने प्रदेश सरकार से तीन दिनों के भीतर एसएमसी शिक्षकों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर एसएमसी शिक्षकों को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया मनोज रौंगटा ने कहा कि एसएमसी शिक्षक आरटीई नियमों को पूरा करने के बाद ही नियुक्त किए गए थे

सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यह संशोधन प्रदेश में भी लागू होना चाहिए तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है दीपक राठौर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी शक्तियों की जानकारी न होने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं उन्होंने पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाने पर भी बल दिया मणिमहेश यात्रा विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा के दौरान पंच दशनाम जूना अखाड़ा की छड़ी यात्रा आज चंबा से मणिमहेश के लिए रवाना हई सदियों से चली आ रही इस परम्परा को निभाते हुए जिला प्रशासन ने पूजा अर्चना के बाद इस छड़ी को रवाना किया